हरियाणा पुलिस की ओर से कल सरदार बल्ल्भभाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जायेगी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि इस दिन पुलिस अधिकारी और जवान भारत के लौह पुरूष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हये राष्ट्र की एकता अखंडता व सुरक्षा को मजबूत करने प्रति उनके समर्पण को भी याद करेंगे उन्होंने कहा कि सभी रेंज एडीजीपी और आईजीपी के साथ साथ ग्रूग्राम और फरीदाबाद के पुलिस कमिशनरों को इस अवसर पर उचित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है जिसमें करनाल अम्बाला हिसार रोहतक साऊथ रेंज फरीदबाद और ग्रूग्राम में शपथ ग्रहण समारोह व शाम को मार्च पास्ट करना शामिल है

यह दिवस देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौरपर मनाया जा रहा है आकाशवाणी की तरफ से कल सरदार वल्लभभाई पटेल के भाषणों पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल सुबह साढ़े नौ बजे सरदार पटेल स्मृति भाषण देंगे यह भाषण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा केन्द्रीय अल्पसंखक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी उपस्थित होंगे कल भारत के लौह पुरूष सरदार बल्लभभाई पटेल की जयंती पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग चंडीगढ़ की तरफ से उनके भाषणों पर आधारित विशेष कार्यक्रम एकता के वाहक दोपहर एक बजकर पांच मिनट पर प्रसारित किया जायेगा

मास्क और दो गज की दूरी है बह्त जरूरी त्यौहारों के मौसम में खुद सचेत रहे और दूसरों को भी सचेत करें कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं में खरीददारी को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए एल टी सी नकदी वाउचर स्कीम के ऊपर आयकर से छूट देने का फैसला लिया है

कर्मचारियों को एल टी सी नकदी वाऊचर पर सिर्फ जीएसटी पंजीकृत दुकानों से ही खरीददारी करनी होगी

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में विकास की बात तो होती थी लेकिन विकास नहीं होता था श्री धनखड़ आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे केन्द्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता एंव जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया की मात श्रीमती परवारी देवी का अंतिम संस्कार आज स्वर्ग आश्रम लाडवा में हआ

उनकी अंतिम संस्कार यात्रा में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्रप्ता शिक्षा मंत्री कंवर पाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी श्रीमति परिवारी देवी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्म एवं मृत्यु मानव जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता जीवन के बाद मृत्यु निश्चित है इस सच्चाई से हम सब भली भांति परिचित हैं मुख्यमंत्री ने श्री रतन लाल कटारिया व शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की पैगम्बर मोहम्मद का जन्म दिन मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया

हालांकि कोविड के दिशानिर्देशों का पालन करते हये मिलाद महफिलों और सीरत मजलिसों का आयोजन किया गया राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति वैकेंया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहाकि पैगम्बर मोहम्मद ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और द्वनिया में मानवता के पथ पर चलने की राह दिखाई उन्होंने कहा कि पैगम्बर मोहम्मद समानता और सदभाव पर आधारित समाज बनाना चाहते थे राष्ट्रपति ने सभी लोगों से पवित्र कुरान में संकलित पैगम्बर मोहम्मद की शिक्षा के अनुसार समाज के कल्याण तथा देश में शांति और सदभावना के लिए काम करने का आह्वान किया उप राष्ट्रपति वैकेया नायडू ने कहा कि पैगम्बर मोहम्मद ने मानव समुदाय को करूणा और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाया उन्होंने कहा कि मिलाद उन नवी परिवार और मित्रों के मिलने और प्रार्थना का अवसर है

एक टवीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को मिलाद उन नवी की बधाई दी श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि यह दिन सभी तर फ दया भाईचारे को बढ़ावा देगा और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि फसलों के अवशेष किसानों के लिए एक प्रकार से सोना है जलाने की बजाय आध्निक मशीनों का प्रयोग कर इनका उचित प्रबंधन करना चाहिए इससे पर्यावरण प्रद्षण पर भी नियंत्रण हो सकेगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी वे आज विश्वविद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन में मशीनरी व अन्य तकनीकों की भूमिका विषय पर संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन हेतू किसानों को जागरूक करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने पराली जलाने की घटनाओं को लेकर गोंदर व रम्भा गांव के सरपंच को निलंवित कर दिया है